श्री मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निंमंत्रण पर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्वी आर्थिक मंच में हिस्सा ले रहे हैं एक बड़ा भारतीय प्रतिनिधिमंडल इन दिनों व्लादिवोस्तोक में हैं और दोनों देशों के प्रतिनिधियों के व्यापार से जुड़े कई समझौतों पर आज हस्ताक्षर होने की उम्मीद है

कल भारत और पाकिस्तान के बीच इस मसर्ल को लेकर हई तीसरे दौर की वार्ता में यह सहमति बनी हालांकि प्रवेश शुल्क को लेकर अभी भी दोनो पक्षों में कोई सहमति नहीं बन पाई है भारतीय पक्ष का नेतृत्व कर रहे गृहमंत्रालय में संयुक्त सचिव एस सी एल दास ने पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय में महानिदेशक के साथ विस्तृत चर्चा की दोनों पक्ष इस बात पर भी सहमत हुए कि ओ सी आई कार्ड धारक भारतीय मूल के लोग गलियारे के जरिए करतारपुर साहिब जा सकते हैं अपने बयान मेँ एस सी एल दास ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान से अनुरोध किया है कि श्रद्वालुओं की सुगम यात्रा के लिए प्रतिदिन उनके साथ भारतीय प्रोटोकॉल अधिकारियों को भी जाने देने की अनुमति दी जाए

प्राथमिक माध्यमिक और उच्च शिक्षा मुहैया कराने वाले स्कूलों के इन शिक्षकों को पुरस्कार स्वरूप रजत पदक प्रमाण पत्र और पचास हजार रुपये प्रदान किये गये राष्ट्रपति ने इस अवसर पर देशभर के शिक्षकों को बधाई दी उन्होंने कहा कि डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन का पूरा जीवन शिक्षा के प्रति समर्पित था और उनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शिक्षक दिवस पर शिक्षक समुदाय को बधाई दी है प्रधानमंत्री ने पूर्व राष्ट्रपति डॉराधाकृष्णन के जीवन पर आधारित एक वीडियो लिंक भी साझा किया इधर राज्यस्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह जयपुर के बिड़ला सभागार में आयोजित किया गया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने द्वीप प्रज्वलित कर समारोह का शुभारंभ किया

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष विनय सक्सैना ने यह जानकारी देते हुए बताया कि पिछले पांच वर्ष में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने खादी को लोकप्रिय बनाने में कोई कसर नहीं छोडी उन्होंने राष्ट्र के लिये खादी फैशन के लिये खादी जैसा नारा भी दिया

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक आलोक त्रिपाठी ने कहा है कि भ्रष्टाचार रोकने के लिये हर व्यक्ति को जागरूक रहने की जरूरत है आज आकाशवाणी जयपुर पर लोगों से सीधे बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लगातार विकास के पथ पर अग्रसर है लेकिन भ्रष्टाचार के मामले इस पथ में रूकावट बनते है ऐसे में हर व्यक्ति को इसके खिलाफ खडा होना चाहिये

दो दिन के इस सम्मेलन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिर्ल के पुलिस अधीक्षकों के साथ कानून और व्यवस्था को लेकर गहन विचार विमर्श कर रहे है इससे पहले कल मुख्यमंत्री ने सम्मेलन में जानकारी दी कि राज्य सरकार ने जघन्य अपराधों पर निगरानी रखने के लिये एक प्रकोष्ठ गठित करने का निर्णय लिया है उन्होंने कहा कि पहल खां जैसे मामलों में अब कोई लापरवाही नहीं होने दी जायेगी

उन्होंने कहा कि यह भी निर्णय लिया गया है कि हर चार महीने में मुख्यमंत्री पुलिस महानिदेशक मुख्य सचिव गृह सचिव और अन्य प्रमुख अधिकारियों की बैठक आयोजित की जायेगी

इस संबंध में डिस्कॉम के अधीक्षण अभियंता ने संबंधित ठेकेदारों को पाबंद किया है ऐसा नहीं होने पर संबंधित ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी

पानी चोरी में इस्तेमाल किये जाने वाले उपकरणों को भी जब्त कर लिया गया है पानी चोरी कर रहे किसानों की पहचान कर सिंचाई विभाग इनके विरुद्ध मामला दर्ज करवायेगा

लगभग एक करोड रूपये मूल्य की यह अवैध शराब ढाई हजार कार्टन में भरी हई थी

उसके खिलाफ एनडीपीएस का मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है